रतलाम जिले में भी एक कोरोना पॉजिटिव पाया गया जिसके बाद पूरे जिले में कर्फ्यु घोषित कर दिया गया है

यहां एक मरीज की मृत्यु हुयी वहीं दो लोग स्वस्थ हुए हैं

खरगोन में दो लोगों की इस बीमारी से मृत्यू भी हयी है

इसके अलावा विदिशा में अब तक चार कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं

शाजापुर जिले में कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद जिले में दो कंटेनमेंट एरिया घोषित किए गए हैं जहां पर एहतियात के तौर पर सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं उज्जैन में कोरोना संक्रमित नीलगंगा थाना प्रभारी यशवंत पाल की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उनके संपर्क में आये पुलिसकर्मियों की जांच के लिए रिपोर्ट भेजी गयी और सभी पुलिसकर्मियों को आइसोलेट किया था आगरमालवा जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने कल जिले से लगी हुई उज्जैन जिले की सीमा पर बनाई गई चेक पोस्ट का अवलोकन किया तथा ग्रामीणों को संक्रमण से बचने की समझाइश टीकमगढ सीएलसी नामक मोबाइल एप से लोग घर बैठे जरूरत का सामान मंगा सकेगे

इस दौरान कलेक्टर जितेंद्र सिंह राजे सहित पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार राय ने शहर का जायजा लिया होशंगाबाद जिले के इटारसी कोरोना का संकमणतेजी से बढ़ा है

इनमें एक कंपाउंडर भी संक्रमित पाया गया है इसके अलावा जीन मोहल्ला में दो और गांधीनगर में पॉजिटिव मरीज मिला है समर्थन मूल्य प्रदेश में समर्थनमूल्य पर गेहूं खरीदी के लिए प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई है

वहीं इंदौर में भी किसानों के लिए बीज और उर्वरक के लिए दुकानों के खुलने का समय निर्धारित किया गया है कृषि उपसंचालक विजय चौरसिया ने इस बारे में आकाशवार्णी को बताया है कि दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य रहेगा

ट्वीट संदेश में श्री नायडू ने कहा कि ज्योतिबा फूर्ले हमेशा जाति व्यवस्था के खिलाफ दलितों के उत्थान और महिलाओं की शिक्षा के लिए याद किये जायेगें